प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव के संबंध में विभिन्न गतिविधियों के श्भारंभ और ग्जरात में साबरमती आश्रम से दांडी तक की पदयात्रा के श्रूआत के अवसर पर जन समूह को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि देश की स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ का मतलब पचहत्तर विचार पचहत्तर उपलब्धियां और पचहत्तर कार्यों तथा इरादों से है जो हमें स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढने की प्रेरणा देंगे श्री मोदी ने कहा कि नमक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है उन्होंने कहा कि हमारे जीवन मूल्यों और आत्म सम्मान के अलावा अंग्रेजों ने नमक पर भी हमला किया प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश के दर्द को महसूस किया और नमक सत्याग्रह के रूप में लोगों की नब्ज को समझा इसलिए वह आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया था प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के विकास से द्रनिया के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा उन्होंने कहा कि भारत कोविड वैक्सीन का विकास करने और बनाने में आत्मनिर्भर है श्री मोदी ने कहा कि हम कोविड महामारी से लडाई में विश्व के अन्य देशों की भी सहायता कर रहे हैं उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव संबंधी देशव्यापी समारोहों में जन भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी उन्होंने लोगों से आगे आने और इस महोत्सव में नये विचारों के साथ योगदान देने की अपील की प्रधानमंत्री ने इस संबंध में आजादी का अम़त महोत्सव के लिए विशेष वेबसाइट की भी श्रूआत की लोग और विशेष रूप से य्वा इस वेबसाइट पर आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में वीडियो और फोटो शेयर कर सकते हैं प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर इन्क्यूबेटर की भी शुरूआत की

अरुणाचल चेप्टर ने अपर सियांग जिले के रोत्तंग में आज इसका श्भारंभ किया इसी तरह जिले के हर मुख्यालय में आजादी की अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है विभिन्न क्षेत्रों में पोईट्री रिसायटेशन चित्रकारी प्रतियोगिता साईकल रैलियाँ और फोटो प्रदर्शनी लगाई जा रही है राजधानी ईटानगर के डी के कनवेंशन सेंटर में आज प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो प्रदर्शनियां का उद्घाटन किया गया

तवांग जिला उपाय्क्त सांग फूनासोक ने कहा कि सोशल ओडिट गांव वालों दवारा किया जा रहा है और गांव वालों को गावों में परियोजना के क्रियान्वयन पर अपनी सोच सांझा करने के लिए यह एक मंच प्रदान करता है

प्रदेश में वर्तमान में कोविड के चार सक्रिय मामले है

इस अवसर पर क्रा दादी जिला उपाय्क्त हिगियों ताला भी उपस्थित थे उन्होंने सी आर पी एफ़ बलों के पहल की सराहना करते हए गांव वालों से सोलार लालटेन की उचित देखभाल करने को कहा ताकि गांव में बिजली चले जाने पर छात्र इससे अपने परीक्षा की तैयारी कर सके

उनसे हिरोइन बरामद किया गया जिसका बाजार मूल्य एक लाख चालीस हजार रुपए तक जा सकता है साथ ही प्लिस ने दोनों लड़कों से पंद्रह हजार रुपये नकद भी बरामद किए

कल ह्ए समापन समारोह में अरुणाचल प्रदेश के किसानों और संस्थानों ने विभिन्न क्षेत्रों में आठ प्रस्कार प्राप्त किए इस फेयर में प्रदेश से बागवानी और वानिकी कॉलेज पासीघाट के वी के कार्यक्रम समन्वयक दस किसान और तीन कृषि उदयमियों ने भाग लिया अरुणाचल प्रदेश ने सर्वोत्तम खेती अभ्यास का इनाम जीता और बागवानी और वानिकी कॉलेज पासीघाट ने दूसरा सर्वोत्तम प्रदर्शनी स्टॉल को जीता सबसे अच्छा किसान क्षेणी में अकूलूक लूमतुम और ओबी दारांग ने पहली और तीसरा प्रस्कार जीता

न्यायालय ने गोआ में स्थानीय निकाय च्नावों से संबंधित मामले की स्नवाई करते हए ये बात कही उच्चतम नयायालय ने नगर परिषद च्नावों की निगरानी के लिए विधि सचिव को राज्य च्नाव आय्क्त निय्क्त करने पर गोआ सरकार की खिंचाई की